मंडी ज़िले के नैरचौक में अग्निकांड में पांच लोगों की मृत्यु तीन घायल

राज्य विद्युत बोर्ड के उच्च अधिकारियों और इंजीनियरों को कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मीडिया सरकार और लोगों के बीच कड़ी का काम करता है शिमला में एक सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने तथा सरकार को इनके बारे में लोगों का फीडबैक देने में मीडिया की एक प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि संचार के मौजूदा यूग में इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों की भूमिका कई गुणा बढ़ गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा ही मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम किए है और पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार राज्य में प्रकाशित हो रहे साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं के प्रति विचारशील है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर बल दिया है अपने निर्वाचन क्षेत्र सिराज के भराड़ी में मां बगलामुखी मेले के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले व त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है जिनका हर कीमत पर संरक्षण किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि मेले व त्यौहार न केवल स्थानीय लोगों के भरपूर मनोरंजन के साधन हैं बल्कि हमारी संस्कृति व परंपराओं को प्रोत्साहित करने में भी सहायक है उन्होंने राज्य के अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई मुख्यमंत्री ने कहा कि जंजैहली शिकारी माता और गाड़ागुसांई क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना सहित मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना भी की अग्निकांड मंडी जिले के नेरचौक में आज तड़के हुए एक अग्निकांड में पांच लोग जिंदा जल गए और तीन अन्य घायल हो गए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 ये हादसा एक शादी समारोह वाले घर में हुआ और मरने वाले सभी लोग दूल्हे के परिजन थे अग्निकांड से कुछ देर पहले ही घर में बारात दुल्हन लेकर लौटी थी और घर वाले घटना के वक्त सो रहे थे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अग्निकांड के समय घर में रखे रसोई गैस के सिलेंडरों में विस्फोट हुआ जिससे आग ज्यादा भड़क गई स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली बाद में अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अग्निकांड पर गहरा दुख जताया है और आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं उन्होंने आज सायं नेरचौक जाकर पीड़ित परिवार के साथ संवेदना भी जताई सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी ने आज सुबह मौके पर पहुंच कर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया सुकन्या योजना केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के खातों में अनिवार्य वार्षिक जमा राशि एक हजार रुपए से घटाकर अढ़ाई सौ रुपए कर दी है इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा लोग कन्याओं के लिए बचत की इस योजना का लाभ ले सकेंगे

खाता खोलने के लिए आवश्यक जमा राशि घटाकर अढ़ाई सौ रुपए कर दी गई है सुकन्या समृद्धि खाते पर अन्य लघ् बचत योजनाओं और लोक भविष्य निधि की तरह ही हर तिमाही में ब्याज दर संशोधित की जाती है जुलाई से सितम्बर की तिमाही के लिए ब्याज दर आठ दशमलव एक प्रतिशत निर्घारित की गई है इस योजना के अतंर्गत माता पिता या कानूनी संरक्षक दस वर्ष तक की अपनी कन्या के नाम पर डाकघर या सरकारी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं

कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि विभाग अपनी तकनीकी शाखा का गठन करेगा और एक राज्यस्तरीय तकनीकी डिजाइन व गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान की मी स्थापना की जाएगी उन्होंने ये बात उनसे मिलने आए सिरमौर जिला के पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के पंचायत प्रधानों के एक प्रतिनिधिमंडल से कही वीरेंद्र कंवर ने कहा कि तकनीकी शाखा और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान का गठन करते वक्त पंचायती राज प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा

उन्होंने कहा कि इन कार्यों में विलंब करने वाली पंचायतों के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल का औचक निरीक्षण किया वह इस दौरान अस्पताल के सभी वार्डो में गए और यहां मौजूद सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताया और कहा कि भविष्य में इस कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी आवश्यक उपकरण और मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है लेकिन इनके संचालन की ज़िम्मेवारी कर्मचारियों की है जिन्हें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री ने उपाचाराधीन महिलाओं से भी बातचीत की और उपचार सुविधाओं की जानकारी ली उन्होंने अस्पताल परिसर में सौ बिस्तरों के निर्माणाधीन अतिरिक्त भवन का भी निरीक्षण किया और इसका कार्य निर्घारित समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए डेंग् बिलासपुर में डेंगू बुखार का प्रकोप लगातार जारी है आज डेंगू के सात नए मामले दर्ज किए गए

इन सभी रोगियों का घर परही इलाज किया जा रहा है और कोई भी डेंगू रोगी अस्पताल में दाखिल नहीं है

उन्होंने लोगों से घरों के भीतर और बाहर सभी जगह कीटनाशक स्प्रे सुनिश्चित करने की भी अपील की है अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने राज्य विद्युत बोर्ड के उच्चाधिकारियों और इंजीनियरों से बोर्ड के कार्यों में लक्ष्य निर्धारित करने और उनको समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं बोर्ड के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लक्ष्यों को प्रमाणिक रूप से समय पर पूरा करना होगा और इस कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को अपने स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करने के भी निर्देश दिए और कहा कि वे त्रैमासिक समीक्षा बैठक में कार्यो की प्रगति की समीक्षा करेंगे उन्होंने अधिकारियों व अभियंताओं से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को भी कहा

बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने हरलोग में पशु चिकित्सालय का शिलान्यास करने के बाद आज ये बात कही इस चिकित्सालय से क्षेत्र की करीब नौ पंचायतों के लोग लामान्वित होंगे सुभाष ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए कोलडैम से रामबाग बैरी बैंस और कंदरौर में बड़े जल भंडारण टैंक बनाए गए हैं

पौधरोपण सोलन जिला पैंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार एचएन कश्यप ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों को बचाना और नियमित अंतराल पर पौधरोपण किया जाना बेहद जरूरी है कंडाघाट उपमंडल के सायरी गांव में आज एक पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिमाचल को देश सहित दुनियामर में हरे मरे राज्य के रूप में जाना जाता है कश्यप ने कहा कि वनों से भूमि कटाव में रोक लगती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा मिलता है उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से समी को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा है कि भारत विश्व में महत्वपूर्ण खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है और आने वाले समय में देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे बिंदल गत देर सायं नाहन में आयोजित पांच दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय दिवा रात्रि फृटबाल प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उचित मंच और अभ्यास के अवसर उपलब्ध करवा रही है खेल में निखार के लिए विश्व स्तर की प्रतिभाओं को भारतीय खेलों के साथ जोड़ा जा रहा है इस प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में जालंघर की टीम विजयी रही

विधानसभा अध्यक्ष ने विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित किया ज्ञापन छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने छात्र मांगों को लेकर आज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को एक ज्ञापन सौंपा

मांग सनराइज सोशल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एसोसिएशन ने कुल्लू जिला के मनाली उपमंडल के तहत आने वाली पतलीकूहल बड़ाग्रा पूजन सांगचर सड़क की हालत तूरंत सुधारने की सरकार से मांग की है

उन्होंने कहा कि इस सड़क की हालत सुधरने की स्थिति में सौर कुंडी जोत और काली हियाणी को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा सकता है